शिक्षक भर्ती को लेकर डूंगरपुर में स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन आज भी जारी प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं की बंद

हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी के विचार कई अवसरों पर व्यक्त हुए हैं पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद साम्प्रदायिक सदभाव पर बापू ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं

श्री गहलोत ने कल जयपूर में राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री और पंजाब से सांसद के साथ समीक्षा बैठक में यह बात कही

श्री गहलोत ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहंचाने के कार्य को भी प्राथमिकता देने की बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी के खनन पर रोक से उत्पन्न समस्या को दूर करने तथा आमजन को उचित दाम पर बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है

श्री गहलोत ने इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है इस राशि का उपयोग इस वर्ष खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं की खरीद कर भुगतान के लिए किया जाएगा

डॉ शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत सरकारी व निजी चिकित्सालयों की भूमिका कोरोनाकाल में सराहनीय रही है लेकिन अभी भी कृष्ठ ऐसे बड़े निजी चिकित्सालय हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार नहीं कर रहे है

इस वर्ष कोरोना संकट के बीच हो रही महासभा की बैठक अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित होगी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब से सभी आयकर की अपील संपर्क रहित माध्यम से निपटाई जाएंगी हालांकि बड़े टैक्स घोटार्ल कर चोरी गहन जांच के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपील पुराने तरीके से ही निपटाई जाएंगी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया कि उस सुविधा से करदाता अथवा उनके वकील और आयकर विभाग के बीच किसी तरह का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा करदाता अपनी सुविधा अनुसार घर से मांगी गई सुचना को आयकर विभाग को डिजिटल माध्यम से भेज सकता है

कल देर शाम प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी

यह धरना प्रदर्शन खेरवाड़ा कस्बे तक पहुंच चुका है जहां पर भी तोड़फोड़ लूटपाट और आगजनी की गई

प्रदर्शनकारियों और शांति समिति के बीच आज भी चर्चा की जाएगी प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है भारतीय ट्राईबल पार्टी के विधायक राजक्मार रोत ने बताया कि मुख्यमंत्री से इस मामले पर चर्चा हुई है जल्दी समाधान निकल जाने की उम्मीद है इस बीच प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कानून हाथ में लेकर हिंसक प्रदर्शन करना गलत है सरकार को उचित कदम उठाकर शांति व्यववस्था बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें